अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उनके साथ मौजूद रहेंगे एक विशाल फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पचास हजार से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों के भाग लेने की उम्मीद है कार्यक्रम के आयोजक जुगल मलानी ने आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री के आने के बाद भारत और अमरीका के संबंध नई ऊंचाईयों पर पहुंचेंगे आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हाउडी मोदी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा इसे एफएम गोल्ड और राजधानी चैनल पर आज रात सवा नौ बजे से सुना जा सकेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ह्यूस्टन में सिख समुदाय कश्मीरी पंडितों और दाउदी बोहरा समुदाय के लोगों से मेंट की अपने ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सिख समुदाय के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई और भारत के विकास के प्रति उनका जोश देखकर वे बहत प्रसन्न है इस दौरान सिख समुदाय के लोगों ने भारत सरकार द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के लिए श्री मोदी को बधाई दी प्रधानमंत्री ने कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधिमण्डल से भी विशेष बातचीत की कश्मीरी पंडितों ने भारत की प्रगति और प्रत्येक भारतीय के सशक्तिकरण के लिए उठाये जा रहे कदमों के लिए सरकार का पूरा समर्थन किया प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्हें दाउदी बोहरा समुदाय के लोगों के साथ भी बातचीत का अवसर मिला और उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा की श्री मोदी ने कहा कि पूरे विश्व में दाउदी बोहरा समुदाय की एक अलग पहचान है

वे कल संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे शुक्रवार को प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित करेंगे

दूरदर्शन समाचार के साथ विशेष भेंट में उन्होंने कहा कि रफाल एक बहुउपयोगी युद्धक विमान है और दक्षिण एशिया में किसी भी अन्य देश की वायुसेना में इसका मुकाबले करने की क्षमता नहीं है एयरचीफ मार्शल धनोवा ने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना में पायलटों की कोई कमी नहीं है

गृहमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में आतंकवाद समाप्त हो जायेगा गृहमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हुए कहा कि अगर उन्होंने पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम की घोषणा नहीं की होती तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का अस्तित्व ही नहीं होता उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर मसले को पंडित नेहरू की बजाय सरदार पटेल को देखना चाहिए था

उन्होंने कहा कि आधार को अनिवार्य कर दिए जाने से जालसाजी पर काबू पाया जा सकेगा रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने में आधार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

रिफाइनरी प्रोजेक्ट का काम भी तेजी से चल रहा है ऐसे में उच्च शिक्षण संस्थान इन क्षेत्रों से संबंधित कोर्स संचालित करे ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके श्री गहलोत आज जयपुर में एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे

उनकी सरकार ने इस माहौल को बदला और आज राज्य में बड़ी संख्या में मेडिकल और इंजीनियरिंग सहित तमाम विधाओं से जुड़े टैक्नीकल इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं इसी का नतीजा है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान की पहचान बनी है यहां के युवा दुनियाभर के देशों में अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ रहे हैं मुख्यमंत्री ने देश के आर्थिक हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज ऑटोमोबाइल टैक्सटाइल सहित अधिकतर सेक्टर मंदी के दौर से गुजर रहे हैं युवाओं को नौकरियां मिलना तो दूर की बात है नौकरियां जा रही हैं काम धंधे ठप पड़े हैं इसके लिए उत्तरदायी कारणों पर चिन्तन करते हुए मिल जुलकर आगे बढ़ना चाहिए

इस अवसर पर नागौर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये

महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल कलराज मिश्र को आज इस संबंध में ज्ञापन दिया श्री जाट ने बताया कि ज्ञापन में महापंचायत ने मांग की है कि किसानों को आर्थिक मंदी से बचाने के लिए उद्योगों की तरह आर्थिक पैकेज देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने माई जीओवी ओपन फोरम या नमो एप पर अपने विचार भेजने को कहा है

इस मानसून में वर्षा का आंकड़ा और ऊपर जा सकता है क्योंकि कई स्थानों पर अभी भी वर्षा हो रही है तथा इस पूरे महीने मानसून बने रहने की संभावना है

नागौर जिले की मकराना तहसील का राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जिले का पहला डिजिटल शिक्षा का केन्द्र बन गया है यहॉ सभी कक्षाओं में डिजिटल माध्यम से पढाया जा रहा है

आकाशवाणी से इसका आंखों देखा हाल हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा इसे नेशनल हक अप प्राथमिक चैनलों राजधानी और एफएम रेनबो नेटवर्क और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है गौरतलब है कि पिछले रविवार को धर्मशाला में हुआ मैच बारिश के कारण नहीं हो सका था मोहाली ट्वेंटी ट्वेंटी मैच भारत ने जीता था

योजना के तहत प्रत्येक केन्द्र में चार से छह खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि इन केन्द्रों में उच्चस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी उन्होंने इन केन्द्रों के विकास में राज्य सरकारों और कंपनियों से सहयोग की अपील की है